इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने के लिए और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन पांच प्रतिशत था

कल पेश होने वाले केन्द्रीय बजट से प्रदेशवासियों को भी कई उम्मीदें हैं किन्नौर की होटल व्यवसायी शांता नेगी ने कहा है कि उन्हें बजट से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है रिकांगपिओ के कारोबारी गुरेन्द्र सिंह सरदार के अनुसार बजट में लोगों को महंगाई से राहत दिलाई जानी चाहिए

विजेता प्रतिभागियों को पांच पांच हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज हमीरपुर जिले में बड़सर विधानसभा क्षेत्र की गारली बणी और झंजयाणी पंचायतों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड में आदर्श ग्राम पंचायतें और आदर्श गांव बनाए जाएंगे जहां लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है

सरवीण चौधरी ने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ खेल व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने का आहवान किया टैट्टा पैक राज्य सरकार ने पेय पदार्थो के टैट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग के लिए छः माह तक अस्थाई रूप से छूट दे दी है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार छूट की इस अवधि के दौरान उत्पादकों और निर्माताओं को प्लास्टिक स्ट्रा का बायो डिग्रेडेबल विकल्प लाना होगा

उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल पहली फरवरी को हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान भुंतर लोसर भुंतर दूसरी भुंतर स्टिंगरी भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर तांदी डाईट भुंतर के बीच भरी जाएगी

हुड़ताल यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आहवान पर देशभर के बैंक कर्मचारी आज से दो दिन की हड़ताल पर हैं जिससे लोगों को पैसों के लेन देन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बैंक कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किए धर्मशाला में पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन के प्रदेश महासचिव राजकुमार गौतम ने बताया कि पिछले दो सालों से बैंक कर्मचारी सरकार से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं जिसे नजर अंदाज किया जा रहा है

सरस मेला ऊना में आयोजित दस दिवसीय सरस मेला आज सम्पन्न हो गया

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों को एक ही छत के नीचे देश भर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद मिलने के अलावा अलग अलग संस्कृति से भी रूबरू होते है

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने अपनी सारी शक्ति इन चुनावों में लगा दी है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा है कि भाजपा देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर कोई बात नहीं करती है राठौर ने भाजपा पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जैसे मुद्दों पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया जेआरएफ प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में वनस्पति शास्त्र की एमएससी की दिव्यांग छात्रा अंजना ठाकुर ने अपने कठिन परिश्रम से सीएसआईआर की जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की है अंजना ठाकुर मंडी जिले में करसोग क्षेत्र के पांगणा की रहने वाली है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य व विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि एक हादसे में अपना दाया हाथ खोने के बावजूद अंजना ने कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है

इस अवसर पर देहरा के एसडीएम धनवीर ठाकुर ने पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सेवकों को मनरेगा की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए उन्होंने कुछ पंचायतों में मनरेगा के तहत दोहरी अदायगियों के मामलों का कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि वित्तीय अनियमितताएं किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी मौसम प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से प्रभावित जनजीवन अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है मौसम के साफ बने रहने से आज अधिकतर सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है

लोक निर्माण विभाग के अनुसार सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त मशीनरी लगाई गई है और अगले दो तीन दिन में अधिकतर सड़कों को सुचारू कर दिया जाएगा

विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है